अपने विधानसभा क्षेत्र सिराज के एक दिवसीय दौरे के दौरान धरोट में आज एक जनसभा में उन्होंने कहा कि राज्य का संतुलित और चहमुखी विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है जयराम ठाकुर ने पंडोह कांडा सड़क के सुधार और विस्तार कार्य का भूमि पूजन भी किया

इस मौके पर सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि सादगीपूर्ण पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले मुख्यमंत्री जयराम ठाकर आम लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को भली भांति समझते हैं

उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देगी जिनकी अभी तक अनदेखी ही हई है राष्ट्रपति दौरा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल से पांच दिवसीय ग्रीष्मकालीन प्रवास पर शिमला आएंगे इस दौरान वे शिमला के समीप छराबड़ा स्थित राष्ट्रपति निवास रिट्रीट में ठहरेंगे राष्ट्रपति के सम्मान में राज्यपाल आचार्य देवव्रत कल शिमला में सांस्कृतिक कार्यकम और रात्रि भोज का आयोजन करेंगे

इस बीच उनके दौरे को लेकर शिमला से सोलन तक सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं इस दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए शिमला शहर को पांच सैक्टरों में बांटा गया है शिमला के पुलिस अधीक्षक ओमापति जमवाल ने स्थानीय लोगों से छराबड़ा से संजौली नवबहार राजभवन राजभवन से अनाडेल और जुब्बड़हट्टी से शिमला मार्ग पर सड़क किनारे वाहन खड़े न करने की अपील की है सरवीण शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि प्रदेश सरकार स्कूलों में प्राथमिकता के आधार पर शैक्षिक और ढांचागत आवश्यकताएं पूरी करने पर जोर दे रही है कांगड़ा ज़िला की वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सलोल में नवनिर्मित भवन के उदघाटन अवसर पर आज उन्होंने ये बात कही सरवीण चौधरी ने कहा कि स्कूलों में आधुनिक सुविधाए उपलब्ध करवाने और विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के साथ उनके सर्वागीण विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी मदद कर रही है शांता कुमार सांसद शांता कुमार ने कर्नाटक में राजनीतिक उठापटक को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है और कहा है कि इस तरह की घटनाओं से देश का लोकतंत्र लगातार कमजोर होता जा रहा है शांता कुमार आज धर्मशाला में एक समारोह में बोल रहे थे उन्होंने कर्नाटक घटनाक्रम के लिए कांग्रेस को जिम्मेवार ठहराया और कांग्रेस की पुतले जलाने की राजनीति को भी दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि सरकार स्वच्छ पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन के लिए कृत संकल्प है और इसमें अधिकारियों व कर्मचारियों का सहयोग ज़रूरी है सिरमौर ज़िले के संगड़ाह में आज जनसमस्याएं सुनने के बाद उन्होंने अधिकारियों को लोगों की समस्याओं को समयबद्ध निपटाने के निर्देश दिए उन्होंने चिंता जताई कि लोगों को छोटी छोटी समस्याओं के समाधान के लिए जनप्रतिनिधियों के पास चक्कर काटने पड़ते हैं बाद में उन्होंने संगड़ाह महाविद्यालय के वार्षिक समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया हिरासत कोटखाई छात्रा दुष्कर्म व हत्या मामले में गिरफ्तार अभियुक्त अनिल कुमार की न्यायिक हिरासत एक जून तक बढ़ा दी गई है आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिमला की विशेष सीबीआई अदालत में अनिल कुमार की पेशी हुई जहां से उसकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने का फैसला सुनाया गया

ये सभी गुजरात से यहां घूमने आए हैं और शिमला से मनाली जा रहे थे सभी घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल बिलासपुर में भर्ती कराया गया है जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है